इधर पश्चिमी सिंहमूम जिले में कोरोनावायरस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके ग्यारह लोगो को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया

राजधानी रांची के निजी लैबों में अब चार हजार पांच सौ रुपये की जगह दो हजार चार सौ रुपये में कोरोना की जांच षुरू की गई है झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने चार निजी लैबों को कोरोना की जांच के लिए अधिकृत किया है जिनमें से एक में जांच की दर कम कर दी गई है जबकि अन्य अस्पतालों में जांच दर कम करने की तैयारी है भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देष और राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये जांच की दर कम करने का निदेर्ष दिया था

एक ट्वीट में आईसीएमआर ने इसे देश में परीक्षण सुविधाओं में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया

सिंदरी से भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो सहित बीस लोगों के खिलाफ कोरोना काल में धारा एक सौ चौवालीस के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है यह प्राथमिकी धनबाद के एसडीएम राज महेश्वरम के आदेश पर कल दर्ज की गई है इसके साथ ही अंचलाधिकारी के आदेश पर अन्य कई लोगों के खिलाफ धारा एक सौ सात के तहत कार्रवाई की गई है कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लातेहार के बालूमाथ में पुलिस ने कल देर शाम शहर में फ्लैग मार्च किया इस जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने जरूरत पड़ने पर मास्क लगाकर निकलने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की गई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

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

देवघर के साथ ही बासुकीनाथ में भी ऑनलाईन पूजा कराई जायेगी पर्यटन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा है

वहीं गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस अभियान के तहत मजदूरो को काम देने के लिए तैयारी पूरी की जा रही है

कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पावर टिलर कल्टीवेटर जीरो टिलेज मशीन पावर वीडर आलू बोने के लिए मशीन आदि जैसे आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से किसान अब समय रहते जुताई बुवाई कटाई कर सकेंगे इस योजना से जिले के मांडू पतरातू डाड़ी आदि क्षेत्रों के किसानों ने फायदा लेना शुरू कर दिया है किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होने से युवाओं को खेती की ओर जोड़ा जा सकता है

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि ऐसी सभी टिकटें रद्द कर दी जायेगी और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरी धनराशि वापस की जायेगी हजारीबाग के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिंहा लॉकडाउन के बाद कल देर शाम हजारीबाग पहचे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक ने उनकी स्क्रीनिंग की सिविल सर्जन डॉ संजय जायसवाल ने बताया कि श्रीसिन्हा होम क्वारन्टीन में रह रहे हैं

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश के बाद रिम्स में चल रही सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं पर निदेशक ने रोक लगा दी है अब शासी परिषद की बैठक के बाद प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी इस संबंध में रिम्स प्रबंधन की ओर से कल सूचना जारी कर दी गई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए दर्शना पोद्दार मिश्रा सचिन कुमार आशुतोष आनंद और अशोक कुमार अपर महाधिवक्ता बनाए गए हैं वहीं मुकेश कुमार सिन्हा नीलम तिवारी और वंदना सिंह को वरीय स्थायी सलाहकार बनाया गया है

कल भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है

रांची में कल दो दषमलव तीन मिमी बारिश दर्ज की गई